मुख्यमंत्री ने राज्य में आंधी तूफान और ओलावृष्टि से हुए नुकसान का जल्द आंकलन कर रिपोर्ट पेश करने के दिए निर्देश

उन्होंने कहा कि ऐसे लोग जो अपने राज्य में रेल जाना चाहते है उनके रेल यात्रा किराये का भुगतान तथा सड़क मार्ग से जाने वालों को राजस्थान की सीमा तक बस से मुफ्त पहुंचाने की व्यवस्था भी राजस्थान सरकार करेगी श्री गहलोत ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंन्सिंग के जरिये इस बारे में अधिकारियों से चर्चा की मुख्यमंत्री ने कहा कि संक्रमण से बचाव के लिए दूसरे राज्यों से आने वाले प्रवासियों और श्रमिकों को आवश्यक रूप से क्वारेंटीन में रहना होगा जिला कलक्टर यह सुनिश्चित करें और इसमें किसी तरह की लापरवाही न हो श्री गहलोत ने निर्देश दिए कि ऐसे निजी अस्पतालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें जो संकट की इस घडी में मरीजों का ईलाज नहीं कर रहे है बैठक में चिकित्सा मंत्री डॉ रघु शर्मा ने बताया कि प्रदेश में ई संजीवनी प्लेटफोर्म के माध्यम से टेलीमेडिसिन सुविधा शुरू हो गई है इसमें सुबह आठ बजे से दोपहर दो बजे तक विशेषज्ञ चिकित्सकों से मरीज सलाह ले सकेंगे

उन्होंने जिला कलेक्टरॉ को निर्देश दिए कि फसल खराबे की त्वरित जानकारी जुटाये जिससे आवश्यकता होने पर विशेष गिरदावरी कराई जा सके उन्होंने टोंक जिले में खराब मौसम से चार लोगों की मौत पर परिजनों को चार लाख रूपये की सहायता राशि देने के भी निर्देश दिए मुख्यमंत्री ने कलेक्टरों को कहा कि आंधी तूफान और ओलावृष्टि से जनहानि और अन्य नुकसान की जानकारी भी सरकार को भेजें ताकि पीडितों को मुआवजा राशि जारी की जा सके

मौसम के इस प्रकोप से जनजीवन अस्तव्यस्त हो गया और कई जिलों में जानमाल के नुकसान की खबर है टॉक जिले के देवली भांची गांव में टिनशेड उडकर गिरने से तीन लोगों की मौत हो गई सवाईमाघोपुर में भी लगातार दूसरे दिन मौसम में बदलाव ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया

करौली जिले में एक गौशाला में कई गायों की मौत हो गई और कई स्थानों पर बिजली के खम्मे उखड गये झालावाड जिले में देर शाम बिजली कडकने के साथ ही कई क्षेत्रों में हल्की बरसात हुई जिले में हुई इस बारिश ने किसानों की परेशानी बढा दी है अपनी फसल मंडियों में ले जाने के लिए निकले किसानों की उपज इस बरसात में भीगने की आशंका है

कर्नल आशुतोष जम्मू कश्मीरके हंदवाडा में शनिवार को आतंकी मुठभेड में शहीद हो गये थे

सैनिक कल्याण मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने अस्पताल पहुंचकर उन्हें श्रद्वाजंलि दी

श्रोता हमारे ई मेल आईडी आरएनयू जेपीआर एट जी मेल डॉट कॉम पर भी अपने सुझाव मेल कर सकते है